नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में पांच माओवादी मारे गए दो जवान घायल

वे कुछ समय से बीमार थे उनका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के गहन चिकित्सा कक्ष में विशेषज्ञ चिकित्सकों के दल की निगरानी में इलाज चल रहा था एक बयान में एम्स ने बताया है कि इस महीने की नौ तारीख से अस्पताल में भर्ती श्री जेटली का आज दिन में बारह बजकर सात मिनट पर निधन हुआ श्री जेटली के वित्त मंत्री रहते केन्द्र सरकार ने नोटबंदी और वस्तु और सेवाकर जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय किये थे उनके नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में शामिल किया और आम बजट को पहली फरवरी को पेश किया जाना भी श्री जेटली के कार्यकाल में ही हुआ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री जेटली के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि विद्वान अधिवक्ता क्शल सांसद और मंत्री के रूप में श्री जेटली ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्री जेटली के निधन को देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री जेटली के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है टवीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि श्री जेटली विराट राजनेता उच्च कोटि के विद्वान और विशिष्ट विधिवेत्ता थे वे शानदार नेता थे जिन्होंने भारत के लिए अविस्मरणीय योगदान दिया केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अरुण जेटली का निधन उनकी निजी क्षति है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित अनेक मंत्रियों और राजनेताओं ने भी श्री जेटली के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है माओवादी मुठभेड़ नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में पांच माओवादी मारे गए हैं वहीं मुठभेड़ में दो जवान भी घायल हुए हैं मिली जानकारी के मुताबिक अब्झमाड़ इलाके में ओरछा से करीब बीस किलोमीटर दूर धुरबेड़ा में माओवादी कैंप होने की सूचना पर सुरक्षा बलों की टीम रवाना हुई थी माओवादी कैम्प को ध्वस्त करने के दौरान सुरक्षा बलों पर माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की करीब डेढ़ घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद माओवादी वहां से भाग गए बाद में घटनास्थल की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने पांच माओवादियों के शव बरामद किए इसके अलावा बड़ी मात्रा में हथियार तथा अन्य माओवादी सामग्री भी बरामद की गई है उधर सुकमा जिले के पुसपास इलाके में ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम ने माओवादियों के अस्थायी कैम्प को ध्वस्त कर दिया मौके से टिफिन बम सहित माओवादी सामग्री बरामद की गई है इसी जिले में दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग पर देवरपल्ली के पास सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने आज माओवादियों द्वारा लगाया गया आईईडी बरामद किया है बाद में बम निरोधक दस्ते ने इस विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया डीएमएफ संशोधन जिला खनिज न्यास निधि डीएमएफ से किए जाने वाले कार्यों का दायरा बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम में किया गया संशोधन प्रदेश में प्रभावी हो गया है खनिज साधन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक संशोधन के बाद डीएमएफ से खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वालों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उनके कल्याण के लिए कार्य कराए जा सकेंगे इनमें मुख्य रूप से शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल कृषि विकास सिंचाई रोजगार पोषाहार खाद्य प्रसंस्करण पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण सार्वजनिक परिवहन खेल युवा गतिविधि वृद्ध और निःशक्तजन कल्याण तथा अधोसंरचना विकास शामिल हैं जिला खनिज न्यास निधि से कराए जाने वाले कार्यों की बेहतर निगरानी और समयबद्व क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा डीएमएफ में प्राप्त राशि का न्यूनतम पचास प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों पर तथा शेष राशि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावितों पर खर्च की जा सकेगी शासी परिषद में प्रभावित क्षेत्र की ग्रामसभा के दस सदस्य होंगे मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से कल सुबह ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के दोबारा सत्ता संभालने के बाद मन की बात कार्यक्रम की यह तीसरी कड़ी है यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण किया जायेगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आईएन तथा न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम पर भी उपलब्ध रहेगा हिंदी में तुरन्त प्रसारित होने के बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा जिसे शाम आठ बजे दोबारा सुना जा सकता है

इनके तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर बढ़ा हुआ सरचार्ज वापस ले लिया गया है और बजट से पहले की स्थिति बहाल कर दी गई है घरेलू निवेशकों पर लगने वाला सरचार्ज भी वापस ले लिया गया है कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि करों से संबंधित सभी आदेश और नोटिस अब केंद्रीकृत और कम्यूटरीकृत प्रणाली के जरिये भेजा जाएगा ताकि करदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों ने दरों में हुई कटौती का फायदा उधार लेने वालों को पहुंचाने का फैसला किया है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सत्तर हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई है और पांच लाख करोड़ रुपये कर्ज तथा तरलता बनाए रखने के लिए दिए गए हैं

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज लगभग बावन करोड़ रूपये की लागत से निर्मित इस ओवरब्रिज का उदघाटन किया इस अवसर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रेलवे ओवरब्रिज के शुरू होने से क्षेत्र के लगभग दो लाख लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी उन्होंने कहा कि रायपुर शहर के विकास के लिए राज्य सरकार कोई कमी नहीं होने देगी सभी सड़क पुल और भवनों के निर्माण का कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस मौके पर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं कृष्ण मंदिरों में जन्मोत्सव के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं मंदिरों और घरों में आज रात भगवान श्रीकृष्ण की विशेष रूप से पूजा अर्चना कर जन्मोत्सव मनाया जाएगा राजधानी रायपुर में स्थित कृष्ण मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई है राजधानी में टाटीबंध स्थित इस्कॉन मंदिर समता कॉलोनी के राधा कृष्ण मंदिर जैतूसाव मठ और गोकुल चंद्रमा मंदिर बूढ़ापारा में सुबह से ही श्रद्दालुओं का तांता लगा हुआ है रायपुर में सप्रे शाला मैदान में आज दही लूट उत्सव का भी आयोजन किया गया प्रदेश के अन्य शहरों से भी जन्माष्टमी पर्व ध्रमधाम से मनाए जाने की खबर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है जिले की चिट़ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट़ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायप्र केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में बीजापुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने से बारिश की गतिविधियां तेज होने के आसार बन रहे हैं मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के धमतरी महासमुद गरियाबंद और कांकेर जिले के एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है वहीं प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना जताई गई है मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक तटीय ओडिशा और आसपास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है वहीं एक द्रोणिका भी पूर्वी बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रही है इसका असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा एक दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है सरायपाली में सबसे अधिक आठ सेंटीमीटर वर्षा दर्ज हई है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में राज्य सरकार ने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के कार्य परिषद के लिए पांच सदस्य मनोनीत किए हैं इनमें विधायक अरूण वोरा विद्यारतन भसीन आशीष कुमार छाबड़ा ममता चंद्राकर और दलेश्वर साहू शामिल हैं कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चौघड़ा में भालू के हमले से एक महिला की मौत हो गई दुर्ग जिले के वैशाली नगर में बिजली पोल से गिरने के कारण एक कर्मचारी की मौत हो गई